लाकडाउन के कारण आम श्रद्वालुओं के दर्शनों पर रोक

राज्य में टेली मेडिसिन और दून हास्पिटल में ई हॉस्पिटल खोलने को मंजूरी दी गयी

गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान छात्र छात्राओं को मिड डे मील का लाभ नहीं मिलता था

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश के दूरस्त क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को और वेहतर बनाने के लिए टेलीकाम कम्पनियों को निर्देशित करने का सुझाव दिया बैठक के बाद श्री पाण्डेय ने शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुन्दरम को निर्देश दिये कि प्रदेश के चार बड़ जिलों देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधमसिंह नगर सहित सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तको को सख्ती से लागू कराया जाए उन्होंने ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये शिक्षा मंत्री ने उन स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही के निदेश भी दिये जो अभिाभावको पर शुल्क जमा करने का दवाव बना रहे है

इसके साथ ही सुदूर क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता की पूर्ति भी इसके माध्यम से हो सकेगी इसके साथ ही देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता भी बढेगी

इस सेवा हेतु कोई भी मरीज मोबाइल फोन की मदद से चिकित्सकीय परामर्श ले सकेगे वर्तमान में यह सेवा जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा दीन दयाल चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून बेस चिकित्सालय हल्द्वानी संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर देहरादून सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि ई हास्पिटल सेवा शुरू होने से मरीजो को दी जाने वाली सेवाओं के आन लाईन प्रबन्धन से कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही अस्पतालों में होने वाली भीड़ में भी कमी आयेगी उन्होंने बताया कि टेली मेडिसिन के अर्न्तगत एन आई सी द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर का प्रदेश के जिला चिकित्सालयों और अन्य चिकित्सालयों में भी उपयोग किया जाएगा लाक डाउन राहत देहरादून जिले में लाक डाउन के दौरान कल से फैक्टरियों में उत्पादन शुरू करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है

इसके साथ ही दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों का भी पूरा ध्यान रखने को कहा गया है

कपाट खोले जाने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई इस बार चारों धामों में पहली पूजा उन्हीं के नाम से की जा रही है लॉकडाउन के चलते यह पहला अवसर था जब केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर श्रद्वालुओं की भीड़ नहीं थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल देवस्थानम बोर्ड प्रशासन पुलिस समेत आवश्यक सेवा से जुड़े चुनिंदा लोग ही इस मौके पर मौजूद थे केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग फिलहाल क्वारंटीन पर हैं ऐसे में रावल के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने ही पूजा अर्चना और कपाट खोलने संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कराई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर सभी श्रद्वालुओं को बधाई देते हुए कहा है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से हम जल्द ही कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हराने में अवश्य कामयाबी मिलेगी केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गये है लेकिन लाक डाउन के कारण श्रद्वालुओं के दर्शन पूजन पर रोक रहेगी

फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए चार धाम यात्रा पर रोक की बजह से राज्य के तीनों पवित्र धामों में केवल पुजारी ही परम्परागत पूजन अर्चन कर रहे है आईटी बैठक केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्यों के आई टी मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने राज्यों के साथ आई टी और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो और उपलब्धियों को साझा किया उन्होंने कहा कि राज्यों के इनोवेशन को साझा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा